उनके साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट भी शपथ ग्रहण करेंगे श्री पायलट राज्य के पांचवें उपमुख्यमंत्री होंगे राज्यपाल कल्याण सिंह उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलायेंगे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खडगे और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगोड़ा शामिल होंगे इनके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाब् नायडू फारुख अब्दुल्ला हेमंत सोरेन बाबू लाल मरांडी मायावती समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव डीएमके नेता एम के स्टालिन जेडीयू नेता शरद यादव और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव सहित विभिन्न राज्यों में कांग्रेस के शीर्ष नेता मार्कसवादी कम्युनिस्ट पार्टी एनसीपी और डीएमके तथा महागठबंधन के कई बड़े नेता समारोह में भाग लेंगे समारोह में करीब पच्चीस हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है

अल्बर्ट हॉल पर पहली बार किसी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमारी सरकार जनता की सरकार है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी

इसके लिए प्रदेश में कांग्रेस पार्टी द्वारा करीब तीन सौ एलईडी टीवी लगाये गये हैं पुलिस के अनुसार समारोह में बड़ी हस्तियों के आने के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये हैं पुलिस ने बताया कि इसके लिए हवाई अड्डे और समारोह स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसके लिए साढ़े तीन हजार पुलिसकर्मियों को लगाया गया हैं वहीं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर शहर में यातायात और पार्किंग ्की विशेष व्यवस्था की गई है समारोह के कारण रामनिवास बाग स्थित चिड़ियाघर और अल्बर्ट हॉल समारोह खत्म होने तक बंद रहेंगे

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल राज्य के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए है वे प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी हैं कल रायपुर में पार्टी मुख्यालय में नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में श्री बघेल को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुने जाने की औपचारिक घोषणा की गई आज शाम रायप्र में श्री बघेल का शपथ ग्रहण समारोह होगा

श्री नायड् ने नई दिल्ली में महिला सशक्तीकरण पर नीति आयोग के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण देना सफल साबित हुआ है

श्री मोदी ने कल प्रयागराज में अंदावा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी प्रत्येक संस्था को कमजोर कर रही है जो उसकी हां में हां नहीं मिलाती रफाल सौदे का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह व्यक्तिगत लाभ के लिए झूठी बातें फैला रही है और देश की सुरक्षा के साथ समझौता कर रही है प्रधानमंत्री ने प्रयागराज में साढ़े चार हजार करोड़ रुपए लागते की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया

अपनी फेसबुक पोस्ट में श्री जेटली ने कहा कि भाजपा की सरकार घोटाला मुक्त है और बिचौलियों तथा घोटालेबाजों को विदेशों में शरण लेनी पड़ रही है उन्होंने कहा कि श्री गांधी के पास बोफोर्स की दागदार विरासत का बोझ है और वे रफाल और बोफोर्स की तुलना करने की अनैतिक कोशिश कर रहे हैं श्री जेटली ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अब इस पर बहस बंद हो जानी चाहिए

जिला कलक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने बताया कि यह दल जनप्रतिनिधियों से भी सूखे से उत्पन्न स्थितियों क बारे में भी जानकारी लेगा वहीं दल के अधिकारी गौशालाओं का निरीक्षण भी करेंगे केन्द्रीय अध्ययन दल आज और कल जैसलमेर जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा कर स्थिति का जायजा लेगा

केन्द्र के निदेशक फूरकान खान ने बताया कि दस दिवसीय उत्सव का उदघाटन राज्यपाल कल्याण सिंह करेगे श्री खान ने बताया कि इसमें देश के विभिन्न राज्यों से छह सौ लोक कलाकार और चार सौ शिल्पकार भाग लेंगें उत्सव के दौरान शिल्पहाट तथा लोक कला प्रस्तुतियां होंगी और रोजाना शाम को मुक्ताकाशी रंगमंच आंगन पर विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक प्रस्तुत की जायेगी

सीकर के फतेहपुर में आज लगातार चौथे दिन भी पारा जमाव बिन्द् से नीचे बना हुआ है

पर्वतीय पर्यटन स्थल माउंट आबू में भी पारा जमाव बिन्द् से नीचे बना हुआ है इस दौरान कई स्थानों पर बर्फ की हल्की परत भी देखी गई